वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर करने और रॉयल्टी दर चौदह से बीस प्रतिशत बढ़ाने की मांग की श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कर रही प्रयास नये वित्त वर्ष में हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के जिला अधिकारियों और जिला टीकाकरण प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा गया है

उन्होंने बताया कि अब तक देश में हुए टीकाकरण के बाद किसी को भी कोई गंभीर शिकायत नहीं हुई है

कोरोना वैक्सीन कोविशिल्ड की दूसरी खेप कल झारखंड को मिली

इसे एयरपोर्ट से नामकुम स्थित स्टेट वेयरहाउस पहुंचाया गया स्वास्थ विभाग ने वैक्सीन के डोज को सभी जिलों में पहुंचाया

इस डोज के मिलने के बाद राज्य में प्रथम चरण में लगभग डेढ़ लाख स्वास्थकर्मियों को दो डोज का टीका पूरा हो गया है स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि दूसरे चरण में दो लाख से अधिक फंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अजय कमार सिंह ने विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव सारे विभागाध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त उपायुक्त पुलिस अधीक्षक और सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों को कहा है कि जन प्रतिनिधियों के प्रति पदाधिकारियों का व्यवहार सम्मानजनक हो उनकी बातों को संयम से सुनें और नियमानुसार उस पर समय पर कार्रवाई करें अगर किसी कार्य को करने में वैधानिक कठिनाई हो तो उसकी सूचना भी उन्हें शिष्टतापूर्वक दें जिन मामलों में अंतिम निर्णय होने में विलंब की संभावना हो वैसे मामलों में अंतरिम जवाब देकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करायें अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने फोन को कभी भी स्वीच ऑफ मोड में न रखें

सभी विभागों ने बजट के लिए जिलों से भी रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में झारखंड मंत्रालय में कल योजना सह वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में बजट पर विचार विमर्श किया गया इस दौरान सभी विभागों से कहा गया कि बजट की तैयारी ऐसी हो कि जिसका परिणाम धरातल पर नजर आये केंद्र सरकार ने बजट पर चर्चा के लिए तीस जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुददे पर बहस करने को तैयार है संसद सत्र इस महीने की उनतीस तारीख से शुरू होगा

कोविड महामारी के मददेनजर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन के दो बजे तक होगी जबकि लोकसभा की बैठकें शाम चार बजे से रात नौ बजे तक होगी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जेएसएफ की झारखंड टीम ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की है इसके लिए फाउंडेशन टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल मांग के समर्थन में पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है इस क्रम में कल फाउंडेशन की टीम पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हस्ताक्षर कर जनसंख्या कानून बनाने की मांग का समर्थन किया और इस अभियान की काफी सराहना की उन्होंने भी कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है

राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर डॉ उरांव ने कहा कि केंद्रीय कर के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है इससे राज्य का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से विकास योजनाओं के लिए राशि का मासिक हस्तांरिण बीस तारीख को होता है जिसके कारण राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ता है इसके लिए उन्होंने केंद्र से मासिक हस्तांतरण एक तारीख को करने का आग्रह किया इसके अलावा डॉ उरांव ने कहा कि झारखंड कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है इसलिए रॉयल्टी की दर चौदह प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत की जाये उन्होंने डीवीसी के बकाये भुगतान को लेकर राज्य सरकार के खाते से राशि कटौती किये जाने पर भी अंकृश लगाने का भी आग्रह किया राजधारी रांची के कांके से भाजपा विधायक समरीलाल ने कल स्पीकर कोर्ट में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली याचिका दाखिल की उन्होंने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि विधायक श्री यादव और श्री तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है

विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही श्री तिर्की और श्री यादव दोनों पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे इस कारण झाविमो ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कुछ समय बाद झाविमो ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया चतरा जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है

शिलान्यास समारोह में विधायक विकास मुंडा ने जगह जगह बैठक कर लोगों से जनसमस्याओं की जानकारी ली और उसके निराकरण का आश्वासन दिया श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश भी दिया है वे कल चतरा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है जल्द ही विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे मंत्री ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति की के तहत नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की श्री भोगता ने जिले के हंटरगंज प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन कार्ड व कंबल का वितरण किया साथ ही पोषण सखियों को नियुक्ति पत्र भी दिया मनरेगा आयुक्त सिद्दार्थ त्रिपाठी ने सभी जिलों के अधिकारियों को मनरेगा मजदूरों का सही आधार संख्या एमआईएस में अपलोड कराने का निर्देश दिया है उन्होंने बैंक खाता में भी आधार को ठीक से अपडेट कराने को कहा है उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद जांच में पाया गया कि बैंक खातों और एमआईएस में केवाईसी सही से प्रवृष्टि नहीं है जिसके कारण मजदूरी की राशि उनके बैंक में खाते नहीं जा रही है झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एमबीए की फर्जी डिग्री मामले में किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है कोर्ट ने डिग्री को फर्जी बताने वाले को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि किस आधार पर डिग्री को फर्जी बताया गया है इस मामले में याचिकाकर्ता ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि एमबीए के साथ उनकी अन्य डिग्रियां भी फर्जी हो सकती हैं जिसकी जांच आवश्यक है उसी आधार पर पुलिस ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया जंगल में पुलिस दल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रुप से जख्मी हो गया घायल व्यक्ति जंगल में मवेशी चराने गया था इसी दौरान उसका पैर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी पर पड़ गया इस घटना में युवक का पैर पूरी तरह जख्मी हो गया सूचना के बाद राजपुर थाना पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर रिम्स रेफर कर दिया धनबाद शहर के मनोरम नगर में हार्डकोक कारोबारी विजय खन्ना के घर डकैती के मामले में चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने धनबाद थाना प्रभारी संजीव कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है उनकी जगह पर पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर विनय कुमार को धनबाद पुलिस स्टेशन का नया ओसी बनाया गया है संजीव कुमार तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने मनोरम नगर में हुई घटना का सच छिपाया

जिला पुलिस ने इन लोगों को मिल रही धमकी व संभावित खतरे के मद्देनजर सात जनवरी को अस्थायी तौर पर बॉडीगार्ड दिया था अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस के शासन की शुरूआत की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखने संबंधी खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मिशन रोजगार में जुटी हेमंत सरकार होंगी एक मुस्त बहालियां शीर्षक से दैनिक जागरण ने टॉप बॉक्स में खबर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने झारखंड को मिली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की खबर को पहले पेज पर जगह दी है केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को डेढ़ साल टालने के प्रस्ताव संबंधी खबर को हिंदुस्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है रांची एक्सप्रेस ने पड़ोसी देशों को कोरोना टीका उपलब्ध कराने की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कृषि कानून को अठारह माह तक टालने के प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है